एकमुश्त पच्चीस हजार रूपये जमा कर नियमित करा सकते हैं निबंधन

राज्य सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर व्यवसायिक वाहनों और ट्रैक्टर ट्रेलर के मालिकों के लिये एकमुश्त माफी योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना के तहत जुर्माने या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जायेगी राज्य कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय के अलावा टैक्स डिफॉल्टर एकमुश्त पच्चीस हजार रूपये जमा करके वाहनों का निबंधन नियमित करा सकते हैं वहीं फिटनेस फेल वाहनों के ज़र्माने में भी कमी की गयी है इस योजना का लाभ उठाने के लिए नब्बे दिनों का समय दिया गया है कैबिनेट की बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी कैबिनेट के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने को लोक सेवा के अधिकार के दायरे में लाया गया है इसके तहत अब ये प्रमाण पत्र आवेदन के अधिकतम छह कार्यदिवस में मिलेंगे उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में व्यवस्था दी है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के दायरे में आता है लेकिन न्यायालय ने ये भी कहा कि किसी भी सूचना को लोक हित में उजागर करते समय न्यायिक स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी और उच्चतम न्यायालय के महासचिव की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय दिया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है इस मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकूर सहित इक्कीस आरोपियों के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार और आपराधिक षडयंत्र सहित कई आरोप हैं राज्यपाल फागु चौहान ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लंबित परीक्षाएं हरहाल में जून दो हजार बीस तक प्ररा कराने का निर्देश दिया है राज्यपाल ने राजभवन में विश्वविद्यालयों की समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यूजीसी के प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों की प्रतिदिन पांच घंटे और सप्ताह में चालीस घंटे की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में तत्काल एक आईटी मैनेजर और दो प्रोग्रामरों के पदों को स्रजित कर उनकी नियुक्ति का आदेश दिया है प्रदेश में दूसरे चरण के पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है दूसरे चरण में ग्यारह दिसम्बर को एक सौ पांच प्रखंडों के एक हजार तीन सौ चौबालीस पैक्सों के लिए चुनाव होना है पहले चरण में एक सौ उनतीस प्रखंडों के एक हजार छह सौ दस पैक्सों के चुनाव के लिए अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है पश्चिम चंपारण के रवि प्रकाश को ब्रिक्स युवा इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कच्चे दूध को अत्याधिक ठंडा करने वाले यंत्र के अविष्कार के लिए रवि प्रकाश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया वे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीच्यूट बंग्लुरू से पीएचडी कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रवि को चौथे ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक मंच के लिए विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग की ओर से ब्राजील भेजा गया है भारतीय वायू सेना का पांच दिवसीय एयर शो आज से अठारह नवम्बर तक बिहटा में आयोजित होगा सेना द्वारा दोपहर बारह बजे बिहटा स्थित वायु सेना स्टेशन में सारंग हेलीकॉप्टरों का एक हवाई प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा यह पहला मौका है जब बिहटा एयरवेस से सारंग की टीम उड़ान भरेगी वायु सेना का कहना है कि शो का मूल उद्देश्य युवाओं को वायु सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है प्रदेश में पूर्वी हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है पटना का न्यूनतम तापमान पन्द्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के अंदर रात में ठंड का असर और बढ़ेगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर आज से बीस नवम्बर तक अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर पंडित नेहरू को श्रद्वांजलि दी है समस्तीपूर जिले का अड़तालीसवाँ स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है इस अवसर पर जिला समाहरणालय से पटेल मैदान तक विकास सह स्वच्छता मार्च और जिले के मुसरीघरारी से पटेल मैदान तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिलाधिकारी शशांक श्रभंकर ने आकाशवाणी को बताया कि चित्रकला निबंध और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है

आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल अब से थोड़ी देर बाद नौ बजे से राजधानी और एफ एम रेनबो चैनल पर प्रसारित किया जायेगा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मास्सिट सेनिटरी इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है ये परीक्षा चौबीस नवम्बर को होगी आधार में पता अलग होने पर भी केवल एक स्वयं घोषणा पत्र देकर लोग खाता खुलवा सकते हैं केन्द्र सरकार के अधिसूचना के अंतर्गत अब जो लोग अपना केबाईसी के लिए आधार नम्बर दे रहे हैं और पता कोई और देना चाहते हैं जो आधार कार्ड पर लिखे पते से अलग है तो एक स्वयं घोषणा पत्र देकर अपना दूसरा पता दे सकेंगे प्रदेश के इक्कीस जिलों में तीन हजार छह सौ तिरानवे एकड़ क्षेत्र में फैले नमी वाली भूमि का विकास किया जायेगा चालू वित्तीय वर्ष में नमी वाली भूमि पर पोखर बनाकर मछली उत्पादन कराया जायेगा आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र छह दिनों में ही मिलेंगे दैनिक जागरण ने राज्य कैबिनेट के फैसले को अपनी प्रथम लीड बनाते हुए लिखा है फिटनेस टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए आई सर्वक्षमा योजना दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना में जल जमाव के जिम्मेदारों के घर पर चला हथौड़ा नाले पर ही बना रखे थे प्रभात खबर ने बिहार के रवि को ब्रिक्स यूथ इनोवेटिव अवॉर्ड से सम्मानित किये जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है सीजेआई दफ्तर आरटीआई के दायरे में

एकमुश्त पच्चीस हजार रूपये जमा कर नियमित करा सकते हैं निबंधन